वर्ष दो हजार में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कल राजधानी रायपूर के साईस कॉलेज मैदान में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा राज्योत्सव का उद्घाटन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करने वाली थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका छत्तीसगढ़ दौरा निरस्त हो गया है उनके स्थान पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे वहीं दो नवम्बर को राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्योत्सव की मुख्य अतिथि होंगी संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर में पत्रकारों को बताया कि हर शाम राज्योत्सव मेला स्थल पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा जिसमें छत्तीसगढ के लोक कलाकार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे श्री भगत ने बताया कि राज्योत्सव में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ ही नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी योजना से लोगों को अवगत कराया जाएगा इस वर्ष राज्योत्सव के दौरान तीनों दिन राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किए जाएंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है राज्योत्सव अलंकरण राज्य शासन ने राज्योत्सव के मौके पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान और अलंकरणों की घोषणा कर दी है विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तेईस नागरिकों और संस्थाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे पहले दिन ग्यारह अलंकरण प्रदान किए जाएंगे इनमें यति यतनलाल सम्मान के लिए धमतरी जिले के सांकरा गांव के विद्यासागर गोविंदीदेवी चेरिटेबल ट्रस्ट को चुना गया है वहीं गुण्डाधूर खेल सम्मान रायपुर के वालीबॉल खिलाड़ी दिपेश कुमार सिन्हा को दिया जाएगा मिनीमाता सम्मान के लिए भिलाई की रूखमणी चतुर्वेदी का चयन किया गया है गुरू घासीदास सम्मान के लिए रायपुर के गुरू घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी को चुना गया है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान इस बार जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी बिलासपुर को दिया जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान रायपुर के सैय्यद अय्यूब अली मीर को और चक्रधर सम्मान प्रदेश के जाने माने रंगकर्मी और आकाशवाणी रायपुर के उद्घोषक रहे मिर्जा मसूद को दिया जाएगा लोककला और शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले दाऊ मंदराजी सम्मान के लिए दुर्ग के लोक गायक कुलेश्वर ताम्रकार का चयन किया गया है इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान सारंगढ़ के खीरसागर पटेल और चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रोम शंकर यादव और ज्ञानेन्द्र तिवारी को दिया जाएगा वहीं दूसरे दिन छह सम्मान और अंतिम दिन तीन नवंबर को सात अलंकरण प्रदान किए जाएंगे शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान और डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान इस वर्ष प्रदान नहीं किया जा रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार को दिया जाएगा

मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर आज सेवानिवृत्त हो गए

राज्य शासन ने नौ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल भी किया है आईएएस अजय सिंह को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है वहीं सीके खेतान को अजय सिंह के स्थान पर बिलासपुर राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को गृह और जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है उन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डॉक्टर आलोक शुक्ला को योजना आर्थिक और सांख्यिकी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है साथ ही वे छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई देशभर में सात सौ से ज्यादा जिलों में आयोजित एकता दौड़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया उन्होंने विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की स्थिति में लोगों में भाईचारे की भावना की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाया जाना सरदार पटेल को श्रद्वांजलि है जिनका भारत के पूर्ण एकीकरण का सपना अनुच्छेद तीन सौ सत्तर की वजह से अधूरा रह गया था

इस मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जांजगीर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उपस्थित थे इसके अलावा राजभवन और मंत्रालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेशभर में रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया गया रायपुर के अंबेडकर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया वहीं बेमेतरा में कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी सहित अनेक अधिकारियों ने रक्तदान किया वहीं दुर्ग सहित अनेक जिलों में रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत एकता दौड़ का आयोजन किया गया इस दौरान आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई पटेल जयंती पीआईबी रेलवे वहीं पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय द्वारा आज सरदार पटेल की जयंती पर रायपुर में परिसंवाद का आयोजन किया गया राष्ट्रीय एकता और अखंडता में सरदार पटेल का योगदान विषय पर आयोजित परिसंवाद के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर थे इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला वहीं रायपुर रेलमंडल में राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ ही अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौड़ की अगुवाई मंडल के अपर रेल प्रबंधक अमिताभ चौधरी ने की मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के स्काउट्स एंड गाइड के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरदार पटेल के विचारों को प्रस्तुत किया

आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ चौरासी में वे नई दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर शहीद हुई थीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को उनकी प्रण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी टवीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक में श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पृष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को भी उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि देते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदानों को याद किया छठ सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाय की रस्म के साथ शुरू हो गया है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं संतान प्राप्ति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए छत्तीस घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं छठ पूजा को लेकर राजधानी रायपुर में पचास से ज्यादा जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं सबसे बड़ा आयोजन खारून नदी के तट महादेवघाट पर होगा छठ पूजा के दिन दो नवंबर को राज्य शासन ने सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है

इस दौरान सुबह ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहेंगे और वे राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिल सकते हैं निलंबित पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर कैट ने रोक लगा दी है रमेश सिंह ठाकुर की एकल सदस्यीय बेंच ने कार्यवाही पर स्थगन देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तिथि बीस नवंबर घोषित की है बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरभट्टी इलाके में सुरक्षा बलों ने महिला माओवादी कमांडर सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से डेटोनेटर और दो कोडेक्स वायर भी बरामद किया गया है और जगदलपुर में आज से उन्नीसवीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता शुरू हो गई है